प्रधानमंत्री ने देशवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा यह लंबी लड़ाई में विजय की शुरूआत है

मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए कर रही है समी आवश्यक उपाय उन्होंने कहा जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में कमी नहीं होने दी जाएगी नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रे देश ने कल जनता कर्फयू का पालन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की थी यह एक स्वैच्छिक अभियान था जो सुबह सात बजे से शुरू हुआ और रात नौ बजे तक चला प्रधानमंत्री की अपील पर देश भर में लोगों ने कल शाम पांच बजे से पांच मिनट तक ताली थाली घंटी और शंख सहित विभिन्न ध्वनि यंत्रों को बजाकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त किया केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने जनता का धन्यवाद किया

ये देश ने प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार संयम भी दिखाया है और संकल्प भी किया है और कोरोना को हम भगा कर रहेंगे करोना का परास्त करके रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशवासियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे प्रत्येक व्यक्ति का आभार व्यक्त किया है श्री मोदी ने इसके लिए देशवासियों को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा संकेत है लेकिन यह श्रूआत है और जीत के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी उन्होंने कहा कि इसी संकल्प और संयम के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए तैयार रहना चाहिए देशवासियों ने यह बता दिया है कि वे क्षमतावान हैं और यदि वे फैसला कर लें तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को एकजुटता से पराजित कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सरकार के निर्देशों का पालन करने की अपील की उन्होंने कहा कि लॉक डाउन यानी प्री तरह से बंद किए गए सभी जिलों और राज्यों के लोगों को घरों में रहना चाहिए बहुत जरूरी होने पर ही लोगों को घरों से बाहर जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर कल जनता कर्फ्यू का असर प्रदेश के सभी जनपदों में भी देखने को मिला लखनऊ वाराणसी गोरखपुर अयोध्या मऊ गोण्डा हमीरपुर बदायूं अलीगढ़ बागपत पीलीमीत मेरठ मिर्जापुर बलरामपुर भदोही चित्रकूट सहित सभी जनपदों में बाजार एवं पेट्रोल पम्प पूरी तरह से बंद रहे सड़कों पर दिन भर सन्नाटा रहा लोग अपने घरों में ही कैद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता कर्फ्यू को समर्थन देने के लिए प्रदेशवासियों को धन्यवाद दिया है उन्होंने कहा कि कोरोना से उत्पन्न महामारी का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और इस बीमारी में एहतियात बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना वायरस के बचाव की दृष्टि से हम जितनी साक्षानी बरत लें वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा

रोष सभी तोग स्टेबल हैं तेजी के साथ उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम यह संख्या किसी भी स्थिति में न बढ़ने दें और इसके लिये हमें जनता कर्ष्यू जैसे कार्यक्रमों के लिये तैयार रहना होगा एवं मैं उन सभी प्रदेश वासियों का आहवान करूंगा कि हम सब इस अभियान का हिस्सा बनें

वह अभिनंदनीय है मैं साथ ही साथ जनता से यह अपीले करूंगा कि वह इसमें घबरायें न बल्कि इसके खिलाफ लड़ें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने पर जोर दिया है कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं आज जरूरी है कि हम रिक्वायर्ड अर्जेंट इफ़ोक्टिव इंटरवेंशन जिस भी लेबल पर हमें बढ़ाने पड़े ले बट हमें किसी भी तरह से चेन ऑफ ट्रांसभिशन को रोकना है और उसके तहत कुछ निर्णय लिए गए

उनमें बाकी सारी सर्विसेज को रोकते हुए खाली एसेंसियल सर्विसेज भी ऑपरेट करें श्री अग्रवाल ने बताया कि देशभर में उप नगरीय तथा मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ही अंतरराज्यीय परिवहन सेवाओं को इकत्तीस मार्च तक बंद कर दिया गया है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय बाहर से आने वाले लोगों को अलग रखना है श्री भार्गव ने कहा कि यह वायरस हवा में मौजूद नहीं है बल्कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से दूसरों में फैलता है

यदि आपने आज टेस्ट किया नेगेटिव है पांच दिन बाद पॉजिटिव हो सकता है

श्री भार्गव ने बताया कि देश में अब तक कोरोना संक्रमण के सोलह से सत्रह हजार मामलों की जांच हो चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस पर अंक्श लगाने के लिये प्रदेश के सोलह जिलों में कल से पच्चीस मार्च तक लॉक डाउन करने का फैसला किया है मुख्यमंत्री ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र लखनऊ गौतम बुद्व नगर गाजियाबाद आजमगढ़ आगरा वाराणसी प्रयागराज लमीखपुर खीरी मुरादाबाद बरेली कानपुर नगर मेरठ गोरखपुर अलीगढ़ सहारनपुर और पीलीमीत जिलों में पच्चीस मार्च तक लॉक डाउन कर दिया है इस दौरान प्रदेश में रोडवेज बस सेवा बंद रहेगी लेकिन आवश्यक सेवाएं चौबीस घंटे जनता के लिये उपलब्ध रहेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वे अपने धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान व पूजा घरों से ही करें पहले चरण में पन्द्रह जिले जो लॉक डाउन होने जा रहे हैंयहां पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी हर प्रकार लोग पूरी तरह बन्द रखेंगे तेईस से पच्चीस तक कन्दीन्यू रहेगा यहां पर पेट्रोलिंग होगी जनता की सहायता के लिए हम पूरे प्रदेश के अन्दर उत्तर प्रदेश पुलिस की पीआस्वी वन वन दू के लगभग तीन हजार फोर व्हीलर पन्द्रह सौ दू व्हीलर ये सुख्बा के साथ साथ आवश्यक सामग्री पहुंचाने में भी हमारी मदद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही हैं उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कमी नहीं होने दी जाएगी श्री योगी ने कहा कि वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी गोरखनाथ मंदिर से कल प्रदेशवासियों को संबोधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कोविड नाइन्टीन की जांच और इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं भारतीय रेलवे ने कल रात से इकत्तीस मार्च तक के लिए समी यात्री ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया है देश में कोविड नाइन्टीन के फैलाव को रोकने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल इसकी घोषणा की

रेल मंत्रालय ने ट्रेन रद्द होने की वजह से इक्कीस जून तक अपने टिकट रद्द कराने वाले यात्रियों को टिकट की पूरी धनराशि वापस करने का भी प्रस्ताव किया है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है मंत्रालय ने लोगों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने और सामूहिक आयोजनों में शामिल होने से बचने को कहा है खांसी और बूखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने को कहा गया है लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर न थुकने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है साबून और पानी से बार बार हाथ धोने तथा खांसते छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश् पेपर रखने का भी परामर्श दिया गया है सरकार ने चौबीसो घंटे और सातो दिन काम करने वाली हेल्यलाइन की व्यवस्था की है जिसका नम्बर है शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छः प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है